मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

स्वास्थ्य विभाग के परियोजना निदेशक टीकाकारण डॉ रघ्राज सिंह ने बताया कि पूरे प्रदेश में कल से एक बार फिर व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान शुरू किया जायेगा उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में कल लगभग दो हजार से ज्यादा टीकाकरण सत्र आयोजित किये जायेंगे

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम प्रसारित की जा रही है

जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं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

प्रधानमंत्री इसके साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा डिजीटल आयोजनों का भी शुभारंभ करेंगे वे साबरमती में अपना संबोधन भी देंगे

प्रदेश में भी आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रम होंगे राज्यपाल कलराज मिश्र कल जयपूर के जवाहर कला केंद्र में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरों द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव शीर्षक से आयोजित विशेष चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे

प्रदर्शनी स्थल पर आजादी के महानायकों महात्मा गांधी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्रों के साथ सैल्फी के लिए सैल्फी जोन की व्यवस्था भी की गयी है

एक ट्वीट में श्री जावडेकर ने इस माह महिलाओं पर अपराधों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजस्थान क्यों नहीं गये इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने भी एक बयान जारी कर कहा कि बिगड़ती कानून व्यवस्था राज्य सरकार की बड़ी विफलता है

उन्होंने मुंबई के एक निर्जों अस्पताल में अंतिम सांस ली उनकी पार्थिव देह को ब्रह्माकमारी के आबू रोड स्थित अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन लाया गया है

राज्यपाल कलराज मिश्र सहित विभिन्न नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है

उन्होंने बताया कि इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा मौसम विभाग ने कल जयपुर अलवर भरतपुर दौसा धौलपुर करौली सवाईमाघोपुर और टोंक जिलों में ओलावृष्टि तथा तेज हवाओं की चेतावनी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है

शिव मंदिरों में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक के साथ बम भोले के जयकारे लगाये गये जयपुर शहर के प्राचीन झारखंड महादेव मंदिर में कोरोना की वजह से इस बार जलाभिषेक पर पाबंदी रही साल में सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ख्लने वाले मोतीडूंगरी स्थित एकलिंगेश्वर महादेव और सिटी पैलेस के चांदनी चौक में स्थित राजराजेश्वर मंदिर में आमजन के लिए दर्शनों पर पाबंदी रहीं

शहर की विभिन्न कॉलोनियों के शिवालयों में महारूद्राभिषेक पंचामृत अभिषेक पूजापाठ सहित अन्य अनुष्ठानों का आयोजन किया गया झालावाड़ जिले झालरापाटन में शिव बारात निकाली गई भरतपुर में भी शिवालयों में सुबह से ही बम्ब बम्ब भोले की जयकारे गुजायमान हो रहे हैं अजमेर बूंदी टोंक सिरोही धौलपुर बांसवाड़ा और करौली जिले में भी शिवरात्री उत्साह के साथ मनायी गयी कोटा में शिवपुरीधाम में श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की उदयपुर में कैलाशपुरी स्थित एकलिंगजी मंदिर में लगने वाला दो दिवसीय मेला स्थगित कर दिया गया है महाकालेश्वर का मेला भी नहीं भरा सवाईमाघोपुर के शिवाड़ में ध्रश्मेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालओं का पहंचना शुरू हो गया था हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान कोविड दिशा निर्देशों की पालना के लिये मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन की ओर से व्यापक बंदोबस्त किये गये हैं

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा अध्यक्ष डॉ सी पी जोशी ने महाशिवरात्रि पर्व की देश प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं

उसने परिवादी से टॅयूबवैल पर चालक पद पर पुनः नियुक्ति के एवज में यह राशि ली थी